राजनाथ सिंह रक्षामंत्री और अमित शाह गृहमंत्री बने

प्रकाश जावड़ेकर नये सूचना और प्रसारण मंत्री होंगे

राजनाथ सिंह को रक्षामंत्री जबकि अमित शाह को गृहमंत्री बनाया गया है

प्रकाश जावड़ेकर नये सुचना और प्रसारण मंत्री होंगे वे वन और पर्यावरण मंत्रालय भी संभालेंगे नितिन गडकरी को एक बार फिर सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गयी है साथ ही वे सुक्ष्म और मध्यम उद्योग मंत्रालय का काम भी देखेंगे डी वी सदानंद गौड़ा को रसायन और उवर्रक स्मृति ईरानी को महिला बाल विकास और वस्त्र मंत्रालय डॉ हर्षवर्धन स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री पीयूष गोयल को रेल मंत्रालय के साथ वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय का प्रभार भी दिया गया है जोधपुर के सांसद गजेंद्र सिंह शेखावत को जल शक्ति मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गयी है बीकानरे सांसद अर्जुन राम मेघवाल संसदीय कार्य तथा भारी उद्योग मंत्रालयों में राज्यमंत्री होंगे जबकि बाडमेर सांसद कैलाश चौधरी कृषि और कल्याण किसान मंत्रालय में राज्य मंत्री के रूप में काम करेंगे मंत्रालयों के बंटवारे के बाद कई मंत्रियों ने आज अपने अपने मंत्रालयों का पदभार ग्रहण कर लिया प्रकाश जावड़ेकर ने दोपहर बाद शास्त्री भवन पहुंचकर सूचना और प्रसारण मंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया इसके बाद मीडिया से बातचीत में श्री जावडेकर ने कहा कि लोकतंत्र के लिए प्रेस की स्वतंत्रता महत्वपूर्ण है

श्री गंगवार ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि श्रम सुधारों तथा अनौपचारिक क्षेत्र के कामगारों के कल्याण पर विशेष ध्यान दिया जाएगा उधर गजेन्द्रे सिंह शेखावत ने जल शक्ति मंत्रालय का कार्यभार संभालने के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि राजस्थान सहित समूचा देश पेयजल के संकट से जूझ रहा है और सरकार इस समस्या के समाधान के लिए जल्द ही ठोस कदम उठाएगी

नयी सरकार में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पदभार ग्रहण करने के बाद राष्ट्रीय रक्षा कोष के तहत प्रधानमंत्री छात्रवृति योजना में एक बडे परिवर्तन को मंजूरी दी है प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट कर इस फैसले की जानकारी देते हुए कहा कि यह निर्णय देश की रक्षा करने वालों के लिए समर्पित है

इस बैठक में लोकसभा सत्र की तारीख तय करने संबंधी कई महत्वपूर्ण फैसले होने की उम्मीद है

श्रम मंत्री संतोष गंगवार ने आज अपना पदभार ग्रहण करने के बाद मीडिया को बताया कि आज कैबिनेट बैठक में उनके मंत्रालय से जुड़ा प्रस्ताव विचार के लिए रखा जाएगा

आज विश्व तंबाकू निषेध दिवस है लोगों को तंबाकू से नुकसान के प्रति जागरूक करने के लिये प्रदेश में विभिन्न कार्यक्रमो का आयोजन किया जा रहा है राज्यस्तरीय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा ने शिरकत की

उन्होंने हुक्का उपलब्ध कराने वालीं रेस्तराओं के खिलाफ कार्रवाही करने के निर्देश मी दिये

ब्रंदी में जागरूकता रैली के अलावा हस्ताक्षर अभियान चलाकर लोगों से नशा छोडने का आग्रह किया गया साथ ही स्काउट गाइड की ओर से नशा मुक्ति पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया करौली में भी रैली निकालकर तंबाकू सेवन से होने वाले नुकसान के बारे में बताया गया जयपुर में पत्र सूचना कार्यालय और रेजनल आउटरीच ब्यूरो की ओर से संगोष्ठी का आयोजन किया गया

प्रदेश के सहकारिता मंत्री उदय लाल आंजना ने दावा किया कि राजस्थान पहला राज्य है और इस पहल के साथ राज्य का सहकारी क्षेत्र अब डिजीटल क्रांति की ओर अग्रसर हो रहा है सहकारिता मंत्री ने कहा कि सदस्य किसान को फसली ऋण बायोमैट्रिक सत्यापन के बाद डिजीटल मेम्बर रजिस्टर के माध्यम से वितरित किया जाएगा

जयपूर जिले के कोटपूतली क्षेत्र में आज एक कार और डम्पर की टक्कर में कार में सवार एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई जबकि चार अन्य लोग घायल हो गए

दिन में घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है वहीं पारे की तेजी थमने का नाम नहीं ले रही है

मौसम विभाग ने अगले दो तीन दिन तक मौसम के मिजाज ऐसे ही बने रहने की संभावना जतायी है